चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन होने के कारण सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने सभाओं रैलियों और रोड़ शो के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पाली जिले में सुमेरपुर और दौसा में चुनाव रैलियों को संबोधित किया

श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र भी दिया उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लगया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा विकास की राजनीति में विश्वास करती है जबकि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति और तृष्टिकरण को बढ़ावा देती है

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज हनुमानगढ जिले के नोहर और झुंझुनू जिले के सूरजगढ के बुहाना में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा के सांगोद में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर संभाग में और सचिन पायलट ने टोंक और सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर तथा अन्य स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित किया कांग्रेस नेता कृमारी शैलेजा और अभिनेता राज बब्बर ने भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में आज चूनाव प्रचार चरम पर रहा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अब राजनैतिक दल और उम्मीदवार सिनेमा द्रदर्शन और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे संगीत समारोह नाटक और मनोरंजन कार्यक्रमों के जरिये भी चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी कल और परसों प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी डाक पत्रों से अपना मतदान कर सकेंगे मतदान के लिए आज से मतदान दलों की रवानगी का काम शुरू हो गया है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किये हैं

अलवर जिले की रामगढ सीट पर बसपा प्रत्याशी की मृत्यू के बाद चूनाव स्थगित किया गया है निर्वाचन आयोग इस सीट पर चूनाव के लिए नई तारीख की घोषणा बाद में करेगा प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थलों का जायजा ले रहे हैं झालावाड़ में आज निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने मतदान दलों का अंतिम रेंडमाइजेशन किया

इनके अंतर्गत तय किया जाएगा कि कम से कम ऐसे मानक तो होने ही चाहिएं जिनसे बच्चों की ठीक से देखरेख हो सके

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के सबसे भारी बड़े और अत्याध्रनिक उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की बहत बड़ी उपलब्धि है जिससे द्रदराज के इलाकों के जुड़ जाने से करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव आयेगा

श्री गौड़ा ने एक वक्तव्य में कहा कि उर्वरक विभाग राज्य सरकारों और रासायनिक खाद की आपूर्ति करने वालों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए है

इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें

ये गर्भवती महिलाओं को पडौसी राज्य में ले जाकर भ्रूण लिंग जांच करवाते थे